भाजपा और कांग्रेस अपने विधायकों को संभालने में जुटी भाजपा ने गुरुग्राम तो कांग्रेस ने विधायकों को जयपुर भेजा सरकार ने आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के किये तबादले सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों के कलेक्टर भी बदले भोपाल जबलपुर सतना सहित कई जिलों में बारिश विभाग के अनुसार कल भी ऐसा ही रहेगा मौसम ज्योतिरादित्य भाजपा पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए उन्हें नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि आज की कांग्रेस पुरानी कांग्रेस नहीं रह गई है

भारत का भविष्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और वे उनके नेतृत्व में काम करने को लेकर बहुत उत्साहित है इससे पहले मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सिंधिया का भाजपा में आना परिवार के सदस्य की वापसी जैसा है उन्होंने कहा कि सिंधिया पार्टी में एक प्रमुख नेता के रूप में कार्य करेंगे श्री सिंधिया के भाजपा में शामिल होने का स्वागत करते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को समाज और राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है वहीं भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक टवीट में कहा कि श्री सिंधिया भाजपा में बेहतर सम्मान के साथ जनसेवा कर सकेंगे सुश्री उमा भारती सहित कई अन्य नेताओं ने भी श्री सिंधिया का पार्टी में स्वागत किया है उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव ने अपनी प्रतिकिया में कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी श्री यादव ने कहा कि राज्य की जनता ने हमें सत्ता सौंपी है सिंधिया इस्तीफा श्री सिंधिया के समर्थन में कांग्रेस पदाधिकारियों के इस्तीफा देने का सिलसिला आज भी जारी रहा अशोकनगर जिले में लगभग तीन दर्जन पदाधिकारियों ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हैं वहीं खण्डवा जिले में प्रदेश महासचिव परमजीत सिंह नारंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है राजनीतिक हलचल प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से जारी सियासी उठापटक के बीच अब राज्य में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी भी अपने विधायकों को संभालकर रखने के प्रयास में जटी हैं बताया गया है कि भाजपा ने अपने सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के पास गुरूग्राम में ठहराया है

विस कांग्रेस ज्ञापन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने आज विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा इस ज्ञापन में सिंधिया के समर्थन में इस्तीफा देने वाले छह मंत्रियों को छह साल के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है कांग्रेस प्रवक्ता जे पी धनोपिया ने कहा कि यदि कोई मंत्री कांग्रेस में वापस आ जाता है तो उसके खिलाफ मामला वापस ले लिया जायेगा रास चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनावों के लिए आज जारी पहली सूची जारी की

केन्द्रीय चुनाव समिति की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में पार्टी ने प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना उम्मीद्वार बनाया है

उनके स्थान पर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ग्वालियर कलेक्टर होंगे गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार को राज्य मंत्रालय में उपसचिव बनाया गया है वहीं एस विश्वनाथन को हरदा से गुना भेजा गया है पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन के कार्यपालक संचालक जितेंद्र सिंह राजे को नीमच कलेक्टर और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव अनुराग वर्मा को हरदा कलेक्टर बनाया गया है इसके अलावा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के संचालक डॉक्टर पंकज जैन को विदिशा जिला कलेक्टर पदस्थ किया गया है राज्य में मौजूदा राजनैतिक हालातों के बीच ये तबादले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं गुना ग्वालियर और विदिशा जिले पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र माने जाते हैं आंगन केन्द्र फ्लेगशिप कटनी जिले में नवाचार के रुप में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कपोषण निवारण के लिये आंगन केन्द्र का शुभारंभ किया गया है पोषण जागरुकता के लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई है

इनका उद्देश्य बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना है

गुना और रायसेन जिलों में इस दौरान एनीमिया उच्च रक्तचाप डायबिटीज सरवाईकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर एवं ओरल कैंसर की जांच की जाएगी भाई दूज प्रदेशभर में भाईदूज का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस दिन बहन टीका लगाकर अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पारंपरिक तौर तरीके से मनाई जा रही है अशोक नगर जिले मे भी भाईदूज का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है वहीं प्रदेश में कायस्थ समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त और कलम दवात की पूजा की जा रही है गुना डिण्डौरी सहित प्रदेश के कई जिलों से भाई दूज मनाये जाने के समाचार मिले हैं मौसम पिछले चौबीस घण्टों के दौरान प्रदेश के शहडोल रीवा सागर जबलपुर ग्वालियर होशंगाबाद सतना और भोपाल जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई उमरिया जिले में आज तेज बारिश होने से फसले प्रभावित हई हैं मौसम विभाग के अनुसार अगर्ले चौबीस घण्टों में रीवा शहडोल जबलपुर ग्वालियर चंबल के संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश या ओलावृष्टि हो सकती है संक्षिप्त समाचार पोषण पखवाड़ा के तहत देवास जिले में जिला स्तर से लेकर आंगनवाड़ी तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत आज सीहोर जिले के माध्यमिक विद्यालय मुंगावली में कहानी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने चनामसूर और सरसों के उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

कोरोना वायरस के संकमण को रोकने के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सार्वजनिक वाहनों को साफ सुथरा और विषाणुमुक्त करने के उपाय करने को कहा है